हरियाणा विधानसभा के सदन में नौ विधेयक पारित किये गये

हरियाणा प्लिस ने सिरसा जिले में दो लोगों को तीन लाख की जाली करंसी के साथ गिरफ्तार किया हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय मानसून सत्र आज पिछले सत्र के बाद अब तक देहावसान कर गई शख्सितयों को श्रद्वांजिल देने के साथ श्रू हुआ सदन के नेता के तौर पर उप मुख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला ने शोक प्रस्ताव पढ़ा उप मुख्यमंत्री ने शोक प्रस्ताव पढ़ते समय कहा कि सरकार ने कोरोना के खिलाफ रणनीति लड़ाई लड़ी है

उन्होंने इस संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों और कोविड के विरूद्व लड़ाई लड़ते हये देह अवसान कर गये कोरोना योद्वाओं को श्रद्वांजलि भेंट की सदन में जिन प्रमख शख्सियतों को श्रद्वांजलि दी गई उनमें प्रसिद्व संगीतकार पंडित जसराज कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल हंसरात भारद्वाज मध्यप्रदेश के पूर्व राज्यपाल लाल जी टंडन हरियाणा के पूर्व मंत्री मांगे राम ग्प्ता विधायक श्री कृष्ण ह्ड्डा पूर्व विधायक मनी राम स्वतंत्रता सेनानी और शहीदी सैनिक शामिल है इसके अलावा सामाजिक तत्वों से लोहा लेते ज्ये सोनीपत जिले के में मारे गये सिपाही रविन्द्र सिंह व एस पी ओ कप्तान सिंह को भी श्रद्वांजलि दी गई पंडित जसरात को श्रद्वांजलि देते हये श्री द्वष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्होंने मध्य वर्गीय परिवार में जन्म लेकर अपनी प्रतिभा के बल पर न केवल पूरे विश्व में नाम कमाया बलिक पूरे विश्व पटन पर हरियाणा को नई पहचान दिलाने का काम किया गृहमंत्री अनिल विज और विपक्ष के नेता भूपेन्द्र सिंह ह्ड्डा ने भी दिवंगत आत्माओं को श्रद्वांजिल भैंट की इसके बाद अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे उपाधयक्ष रण्बीर सिंह गंगवा ने शोक प्रस्ताव पढ़ा जो सर्व सम्मति से पारित हो गया हरियाणा का एक दिवसीय विधानसभा सत्र अनिश्चित काल के लिए उठा दिया गया

कोविड संक्रमण का असर सत्र पर देखेने को मिला मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्प्ता कृषि मंत्री जे पी दलाल परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा और कई विधायकों के पोजिटिव आने व कई विधायकों के सदन मे न आने के कारण कई क्र्सियां खाली रही कांग्रेस के विधायक प्रदीप चौधरी व कई अन्य विधायक घर मे संगरोध में रखे जाने के कारण विधानसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सके हरियाणा विधानसभा में आज नौ विधेयक पारित किये गये आज जो विधेयक पारित किये गये उनमें हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन विधेयक हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक हरियाणा अग्निशमन सेवा संशोधन विधेयक हरियाणा वास्टु सेवा कर संशोधन विधेयक हरियाणा वैट संशोधन विधेयक शामिल है हरियाणा विधानसभा में आज प्रश्नकाल के लिए पर्ची द्वारा विधायकों के प्रश्न स्वीकार किये गये इस प्रणाली को अपनाने से सबसे ज्यादा प्रश्न सफीदों के विधायक सुभाष गांग्ली के लगे उन्होंने प्रश्न काल के दौरान बटाना चौकी में शहीद ह्ये सिपाही रविन्द्र क्मार और कप्तान सिंह के परिवार को एक एक करोड़ रूपये का सहयोग राशि देने की मांग की

उन्होंने कहा कि ये दोनों बिजली घर स्थापित होने से क्षेत्र में बिजली की समस्या समाप्त हो जायेगी समय की कमी के कारण प्रश्नकाल में चर्चा नहीं हुई न ही पूरक प्रश्न प्रश्न पछू गये जिनके प्रशन स्वीकार किये गये उन्हें लिखित में जवाब भेजें जायेंगें हरियाणा विधानसभा में आज कांग्रेस ने दो बार सदन से वाकआऊट किया पहली बाार कांग्रेस ने विपक्ष के नेता भूपेन्द्र सिंह ह्ड्डा के नेतृत्व मे और इनेलो विधायक अभ्य सिह चौटाला ने सदन मे सीमित काम के वादे के विपरित अधिक विधेयक लाने का विरोध किया और सदन से उठकर चले गये इसके बाद कांग्रेस ने दूसरी बार रजिस्ट्री घोटाले की सीबीआई से जांच की मुद्दा उठाया और उप म्ख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला दवारा कांग्रेस के कार्यकाल में गांधी परिवार के सदस्यों को लाभ पहचाने के लिए ज़मीन घोटालों की बात किये जाने पर कांग्रेस जन खफा हो गये और सदन से वाकआऊट कर दिया

गांव महलांवाली निवासी जिस पूर्व सैनिक की कल चंडीगढ़ के एक निजी अस्प्ताल में मृत्य् हो गई थी उसका आज अंतिम संस्कार कर दिया गया

हरियाणा प्लिस ने सिरसा जिले में म्साहिबवाला नाका पर मोटर सवार महिला सहित दो लोगों को तीन लाख रूपये की जाली करंसी के साथ गिरफ्तार किया है पकड़े गये आरोपियों की पहचान जालंधर के गांव धम्ड़ी निवासी गगनदीप व सिरसा की नहर कालोनी निवासी हरपाल कौर के तौर पर हई है आरोपियों के खिलाफ सिरसा सदर थाना मे विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया गया है

उन्होंने बताया कि पकड़ी गई महिला के पति जगदीश कुमार के खिलाफ पहले से ही बठिडां मे नकली नोट चलाने का मामला दर्ज है